प्रदेश में डेंगू और स्वाइन फ़लू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश

राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इसके तहत राज्य सरकार की अनुमति के बिना चिट फंड कंपनी खोलने पर प्रतिबंध होगा

एजेंटों के कमीशन की अधिकतम सीमा पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत की गई है विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने विधेयक में चिट फंड क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और छोटे निवेशकों के हितों को ध्यान में रखा है जनजागरूकता अभियान स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये जन जागरूकता अभियान को और तेज किया जायेगा श्री सिलावट ने कल मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राजधानी भोपाल के प्रत्येक वार्ड में एक एक फॉगिंग मशीन की अतिरिक्त व्यवस्था की जाये श्री सिलावट ने कहा कि ठण्ड के मौसम में स्वाइन फ्लू के संक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है इसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ समन्वय रखकर इसकी रोकथाम के लिये ठोस प्रयास किये जाये उन्होंने कहा कि संक्रमित बीमारियों के फैलने में हाथों की विशेष भूमिका होती है इसके लिये भोपाल में शुरू किये गये नमस्ते अभियान को राज्यव्यापी रूप दिया जाये बैठक में संक्रमित बीमारियों के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिये सभी स्कूलों और कॉलेजों में निबंध प्रतियोगिता आयोजित करनेका भी निर्णय लिया गया राइट टू वाटर राज्य के लोगों को पानी का अधिकार दिलाने के लिये विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में राइट टू वाटर एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने बताया कि विधानसभा के आगामी बजट सत्र में यह एक्ट पारित करवाकर लागू कर दिया जाएगा श्री पांसे ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने पर मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहाँ लोगों को पानी का कानूनी अधिकार मिलेगा उन्होंने बताया कि पानी का अधिकार कानून लागू करने के लिये बजट में एक हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है

राज्यपाल भगत सिंह कोश्य्मी ने कल शाम मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई श्री ठाकरे के साथ छह मंत्रियों ने भी शपथ ली इनमें शिवसेना से एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई कांग्रेस से बालासाहेब थोराट और नितिन राउत तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से छगन भुजबल और जयंत पाटिल हैं शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने मुंबई के सहयाद्रि गेस्ट हाउस में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की बैठक में सभी छह मंत्री शामिल हए श्री ठाकरे तीनों दलों के महा विकास अघाड़ी के नेता हैं बैठक के बाद श्री ठाकरे ने कहा कि वे किसानों की मदद के लिए चलाई जा रही राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की जमीनी स्थिति की जांच करेंगे

इन केन्द्रो मे समुदाय स्तर पर कृपोषित बच्चों की देखभाल और पोषण प्रबंधन किया जाएगा इस व्यवस्था पर लगभग साढ़े चार करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी

कार्यशाला इंदौर में आज कलेक्टर कार्यालय में पाक्सो एक्ट के तहत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें इस अधिनियम में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण को लेकर दिये गए प्रावधानों पर चर्चा की जायेगी इस कार्यशाला में अधिनियम से संबंधित जानकारियों के साथ सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बारे में भी बताया जायेगा

इस दौरान महिलाओं ने पॉलीथिन मुक्त शहर बनाने की शपथ भी ली

इस दौरान बड़ी मात्रा में आईल और केमिकल जब्त किया गया रायसेन में कल जिला स्तरीय कहानी उत्सव का आयोजन किया गया